अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें खाद्यए सब्जीए फल और मत्स्यपालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है उन्होंने कहा कि आध्निक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए

जिला अस्पताल विक्टोरिया में सबसे पहले सन्तों ने टीका लगवाकर आमजन को जागरूक किया

शिवप्री में जिले में दो लाख से ज्यादा वृद्ध जनों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है आगर मालवा में टीकाकरण केन्द्र पर आधार एवं एक फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है

यह उड़ान दिल्ली से श्रू होकर जबलप्र पहुंचीए इसके बाद यहाँ से बिलासप्र के लिए रवाना होगी एयरपोर्ट डायरेक्टर क्स्म दास ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत एलायंस एयर ने आज से दिल्ली जबलप्र बिलासप्र और बिलासप्र जबलप्र दिल्ली रूट पर फ्लाइट चालू की है इस फ्लाइट को जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने दिल्ली से वर्च्अल जुड़कर हरी झंडी दिखाई जनभागीदारी समिति प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि महाविदयालयों में अध्ययनए अध्यापन की व्यवस्था और उनके प्रबंधन के लिये गठित जनभागीदारी समितियों को और भी मजबूत बनाया जायेगा इन्हें विकास कार्यां के लिये एक करोड़ रूपये तक के वित्तीय अधिकार दिये जायेंगे उच्च शिक्षा मंत्री ने कल सतना जिले के अमरपाटन के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नवीन भवन कक्षों के लोकार्पण अवसर पर ये बात कही